कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में लड़कियां बनी टॉपर

प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों ही संकायों में लड़कियों ने पूरे राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया है इस बार अठहत्तर दशलमव शून्य चार प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है परीक्षा में दस लाख छियालीस हजार परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तीन लाख इकसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं जबकि द्वितीय श्रेणी से लगभग पांच लाख तैंतालीस हजार और तृतीय श्रेणी में एक लाख इकतालीस हजार तीन सौ बावन छात्र उत्तीर्ण हुए हैं हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में दो दशमलव चार प्रतिशत की गिरावट आयी है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में तेरह लाख चालीस हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे

उन्होंने कहा कि बोर्ड इस बार भी रिजल्ट जारी करने में अन्य शैक्षणिक बोर्ड से आगे रहा है

विज्ञान में नालंदा जिले की सोनाली कुमारी और वाणिज्य में औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी चौरानवे दशमलव दो शुन्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य टॉपर रहीं दोनों को ही चार सौ इकहत्तर अंक प्राप्त हुए हैं कला विषय में खगड़िया के आरलाल कॉलेज की मध्र भारती और जमुई स्थित सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के कैलाश कुमार बानवे दशमलव छह शून्य प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से राज्य के द्रसरे टॉपर रहे दोनों को ही चार सौ तिरेसठ अंक प्राप्त हुए हैं कला विषय की टॉपर मधु भारती ने कहा कि पूरी लगन से तैयारी के बल पर उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है

सबसे अधिक तिरहत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण से पांच और पूर्वी चंपारण जिले से दो परीक्षार्थी स्टेट टॉपर बने हैं वहीं नालंदा जिले के चार और किशनगंज जिले से तीन परीक्षार्थियों ने राज्य में अव्वल स्थान हासिल किया जमुई के सिमूलतल्ला आवासीय विद्यालय से केवल एक परीक्षार्थी टॉपर रहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि मैट्रिक का परीक्षा परिणाम अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री किशोर ने कहा कि टॉपरों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है होली के बाद अंकों को सूचीबद्ध करने का काम होगा प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटों में तैंतीस जिलों से दो सौ अंठावन नये मामलों की पुष्टि हुई इससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौसठ हजार एक सौ अंठानवे हो गयी है कल सबसे अधिक चौवन मामले पटना से सामने आये हैं वहीं अररिया से पचास बेगूसराय से तेईस रोहतास से पन्द्रह समस्तीपुर से चौदह और भागलपुर तथा जहानाबाद से तेरह तेरह मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या नौ सौ उनतीस है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल कोविड से दो मरीजों की मौत हुई जिससे राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या एक हजार पांच सौ सड़सठ हो गयी है प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव शून्य छह प्रतिशत है नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टर राजेन्द्र के धमीजा ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही बरते जाने को कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए उत्तरदायी माना है उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख दो हजार एक सौ बानवे लोगों को कोविड उन्नीस का टीका लगाया गया इसमें छियानवे हजार सात सौ संतानवे लोगों को टीके की पहली डोज और पांच हजार तीन सौ पंचानवे लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी इधर देश में अब तक पांच करोड़ पचपन लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ढाका में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की बांग्लादेश की दो दिन की यात्रा पर आज ढाका के हज़रत शाह जलाल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडे पर पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे और वहां शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित किया इससे पहले ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने श्री मोदी का स्वागत किया ढाका हवाई अडडे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय गान भी गाया गया गौरतलब है कि आज ही के दिन उन्नीस सौ इकहत्तर में बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख़ मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध की शुरूआत हुई थी बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वर्ष दो हजार इक्कीस दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्ण जयंती वर्ष है

बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने ये जानकारी दी सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है श्री झा दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

इसके निर्माण पर उन्नीस करोड़ रूपये की लागत आयी है मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद कहा कि आठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस सफारी में पर्यटक जिप बाइक जिप लाइन खूबसूरत बगीचों जंगल ट्रेल और कैम्प एरिया का आनंद ले सकते हैं मुख्यमंत्री ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर नवनिर्मित रोप वे का भी उद्घाटन किया प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहेगी उन्होंने बताया कि अठाईस मार्च को राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ जगहों पर बूंदा बांदी हो सकती है

इसमें आपसी समझौते के आधार पर दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निष्पादन होगा इसके साथ ही बैंक ऋण बकाया बिजली बिल बीमा कंपनियों के दावे और बीएसएनएल के बकाया बिल से संबंधित मामलों का निपटारा होगा महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद के दौरान आज कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात को बंद समर्थकों ने बाधित कर दिया हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित किया पटना में डाक बंगला चौराहे पर राजद कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया जिस कारण कई मार्गों पर आवागमन बाधित रहा गांधी सेतु पर प्रदर्शनकारियों ने घंटों आवागमन बाधित रखा इधर भाजपा ने कहा है कि महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह विफल रहा है पार्टी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि बंद समर्थकों ने आम लोगों के साथ बदसलूकी की और आने जाने वाले लोगों को परेशान किया समस्तीपुर जिले के वैनी ओपी थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव में आज दिन दहाड़े हथियार बंद अपराधियों ने लोजपा नेता अन्नू तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत महिन्दवारा में पूलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से बारह सौ लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है शिवहर जिले के कूशहर गांव में अगलगी की घटना में चौदह घर जलकर नष्ट हो गये इस दुर्घटना में एक मवेशी की भी मौत हो गयी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी

कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों में लड़कियां बनी टॉपर

प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी